केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकर ने बताया कि प्रदेश में ज़रूरतमंदों को इस योजना का पूरा लाभ मिल रहा है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार कोरोना से निपटने के लिए सभी जरूरी व प्रेभावी कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमें पूरे संयम और दृढ संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुझाए गए सभी उपायों का कड़ाई से पालन करने की जरूरत है

बिलासपुर में आज दो टैक्सी चालके की रिपोर्ट कोरोना पॉज़िटिव आई है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 इसी तरह कांगड़ा जिले के शाहपुर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की बहन की भी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है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

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मण्डी और भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर के प्रमुखों के साथ द्रभाष पर बातचीत कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहाल करने और कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए उनके सुझाव लिए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 उन्होंने कहा कि इस उच्च मार्ग पर आधुनिक शौचालय और रेन शैल्टर बनाए जाएंगे उन्होंने अधिकारियों को सड़क के निर्माण में उच्च ग्रणवत्ता के मापदण्ड अपनाने और ग्रणवत्ता के साथ कोई समझौता न करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना ज़्रूरी है चम्बा चम्बा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने जिला मुख्यालय के मुख्य बाज़ार का आज औचक निरीक्षण किया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 उपायुक्त ने कहा कि चम्बा मुख्य बाजार में आने वाले दिनों में पुलिस चैक पोस्ट में जन सूचना प्रणाली विकसित करने पर भी विचार किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि इस वर्ष बारिश काफी हो रही है ऐसे में खर्रीफ की फसल बेहतर होने की उम्मीद है बिंदल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज सिरमौर शिमला और महासू जिला के पार्टी नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की उन्होंने पार्टी नेताओं से अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने सहित फेस कवर लगाने के लिए प्रेरित करने को कहा राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी प्रदेश के सभी गांवों के लोगों को इस संबंध में जागरूक करेगी उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से लड़ना है जीतना है और भय के वातावरण को भी समाप्त करना है